आज रोहतक में आर्य समाजी आचार्य बलदेव जी की स्मृति में करवाये गये सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाप्रूषों की जयंती पर सरकारी दफतरों में छट्टी की जगह महाप्रूषों के सिदवात और विचारकों पर चर्चा की जाये ताकि आम जनता को प्ररेणा मिल सके

वरिष्ठ आर्य समाजी आचार्य बलदेव की प्ण्यतिथि पर किये गये इस सम्मेलन में म्ख्यमंत्री ने आर्य समाज के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने य्वाओं में बढ़ती नशाखोरी पर भी चिंता जताई

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि लोगों के हाथ धन रहे इसका ध्यान रखा गया है एक पत्रकारवार्ता में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सरकार आयकर प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती और वस्त् व सेवाकर संग्रहालय में स्धार से राजस्व बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि बजट में खेती सुक्ष्म लघ् एवं मध्यम उदयमों और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिये जाने से हरियाणा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में विशेष मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि शानदान बजट के लिये देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन बधाई के पात्र है उन्होंने हरियाणा के नारनोंद में स्थित राखीगढ़ी के प्रतिष्ठित दर्जा और अनुदान देने के लिए धन्यवाद किया

जिला जींद म्ख्यालय पर जाट धर्मशाला में दीन बंध् सर छोटूराम के जंयति समारोह के समापन पर द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि वह दो से तीन बार भी फिजिकल वैरीफिकेशन करवाने को तैयार हैं तथा गेंह की फसल आने पर उसकी भी फिजिकल वैरीफिकेशन करवाई जाएगी हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हये कहा कि इस बजट से देश वासियों के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों की भी निराशा मिली है

उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड्र ने स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास पर ध्यान देने के लिए शिक्षा नीति पर फिर से विचार करने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री लेने के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रबृदव और सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए उन्होंने शिल्प बागवानी एनसीसी एनएसएस नैतिक विज्ञान तथा इतिहास की जरूरत भी दोहराया

बीज़िग में भारतीय द्रतावास ने कहा कि तत्काल प्रभाव से ई वीज़ा पर चीन से भारत यात्रा अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई है यह निर्णय चीनी पासपोर्ट धारकों तथा अन्य देशों के चीन में रह रहे आवेदकों पर लागू होगा

अज्ञात वाहन के चालक के विरूदव मामला दर्ज कर लिया गया है सिरसा के नज़दीक भावदीन टोल प्लाजा के पास स्बह हुई दो गाडिय़ों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए आसपास के लोगों ने त्रंत वाहन की व्यवस्था कर घायलों को अस्पताल पहंचाया मृतकों में फतेहाबाद जिले के गांव शिंगसरा का महेंद्र व गांव थेड़ी निवासी नेकचंद शामिल हैं जबकि घायलों में स्नील सिमरन रोहित और मोहित शामिल हैं

आज मेला देखेने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एम आर शाह तथ हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सचिव प्रोमद गोयल भी मेले का दौरा किया सूरजकृंड मेला परिसार में डीएलएसए फरीदाबाद दवाराएक भव्य स्टाल लगाया गया जिस पर कोई कोई पर्यटक व दर्शक आकर अपने कानूनी अधिकार अपने म्कदमेंकी जानकारी और म्कदमों को लड़ने के लिए जरूरी सुझाव ले सकता है कल भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आर्थिक आत्मनिर्भरता में सूरजक्ंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उदघाटन किा था

सूरजक्ंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहचेने वाले कई देशों और भारत के विभिन्न राज्यों से आये हस्तशिल्पकारों एंव कलाकारों को बधाई देते हये राष्ट्रपति ने कहा कि भारत त्यौहारों व मेलों का देश है सूरजक्ंड का यह मेला भारत के लोगों के कला कौशल प्रतिभा और उदयमशीलता के प्रदर्शन का एक स्थाई मंच बन गया है

इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग किया जा रहा है मेले का म्ख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यो में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से तैयार किये जाने वाले दैनिक जरूरत और कला पर आधारित उत्पादों का प्रदर्शन करना है आकाशवाणी के समाचार प्रभाग के साप्ताहिक दविभाषीय कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल नये भारत की गति आकांशाओं और नागरिकों का बजट विषय पर चर्चा होगी